कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश प्रभारी अजय माकन प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट चुनावी सभाएं करेंगे वहीं भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया नामांकन कार्यक्रम के बाद कार्यकर्ताओं के सम्मलेन को संबोधित करेंगे उप चुनाव के तहत आज नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन है दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी और अन्य उम्मीदवार आज नामांकन पत्र दाखिल करेंगे

दो मई को मतगणना होगी आज राजस्थान दिवस है

राजस्थान दिवस के अवसर पर आज प्रदेशमर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं शाम को जयपुर के जवाहर कला केन्द्र में सोणो राजस्थान कला प्रदर्शनी और छाया प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा आज सुबह पाली में साइकिल रैली और बारा में रन फॉर राजस्थान मशाल दौड़ का आयोजन किया गया

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वैकेंया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल कलराज मिश्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने राजस्थान दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है

वहीं राज्य में भी आज वैक्सीनेशन किया जा रहा है

पंजीकरण संबंधी दिशा निर्देश अमरनाथ श्राईन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है

देश में जल जीवन मिशन के तहत चार करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल का पानी पहुंचाकर एक नई उपलब्धि हासिल की गई है

मौसम विभाग ने आज प्रदेश में कुछ स्थानों पर लू चलने की चेतावनी दी है पूर्वी राजस्थान में झुन्झुनू और कोटा जिलों में तथा पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर बाड़मेर और चूरू जिलों में कहीं कहीं तेज लू चलने की संभावना जताई है जोधपुर और नागौर में भी कुछ स्थानों पर लू चलने के आसार है